इनमें झारखंड के लगभग उनतीस लाख किसानों के खाते में पांच सौ तीन करोड़ रुपए डाले गए इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि नये कृषि कानून से किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा वे अपने अनाज को देश के किसी मंडी में बेच सकते हैं उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि नये कृषि कानून से किसी की जमीन नहीं जायेगी सरकार किसानों को न्यूतम समर्थन मूल्य देने के लिए प्रतिबद्ध है इस दौरान प्रधानमंत्री ने किसानों से संवाद भी किया

इस योजना के तहत अबतक किसानों के खाते में एक लाख दस हजार करोड़ रुपये डाले जा चुके हैं उन्होंने कहा कि देश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार तत्पर है इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज संसद के केंद्रीय कक्ष में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर श्रद्वासुमन अर्पित किए उन्होंने महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और शिक्षाविद भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय को भी उनकी जयंती पर श्रद्वाजंलि अर्पित की

इस पुस्तक का संकलन और प्रकाशन लोकसभा सचिवालय ने किया है और इसमें वाजपेयी जी के संसद में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण भाषण के अंश हैं इसमें पूर्व प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन से संबंधित कुछ दुर्लभ फोटो भी हैं लोकसभा अध्याक्ष ओम बिरला राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद और अनेक सांसद इस अवसर पर उपस्थित थे इससे पहले स्वर्गीय बाजपेयी के समाधि स्थल सदैव अटल पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पुष्पांजलि अर्पित की उनतीस दिसंबर को हेमंत सरकार के एक साल पूरे होने के अवसर पर रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्यस्तरीय समारोह का आयोजन होगा इस मौके पर मुख्यमंत्री लगभग पंद्रह सौ करोड़ रूपये की उनीस योजनाओं का उद्घाटन करीब बारह सौ करोड़ रूपये की ग्यारह योजनाओं का शिलान्यास और अन्य पंद्रह योजनाएं लांच करेंगे वे लगभग पांच लाख तैंतीस हजार से अधिक लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे वही सभी जिलों में भी विकास मेला का आयोजन किया जाएगा मुख्यमंत्री ने समारोह की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की मुख्यमंत्री ने कहा कि समारोह में कोरोना से बचाव और रोकथाम की दिशा में बेहतर कार्य करने वाले संस्थाओं को सम्मानित किया जाएगा मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण कानून के तहत रैयतों के मुआवजा को लेकर बेहतर नीति बनाई जाएगी श्री सोरेन ने मुलाकात करने आए कांग्रेस विधायकों को यह भी भरोसा दिया है कि स्थानीय नियोजन नीति को लेकर जल्द ही ठोस निर्णय लिया जाएगा ताकि नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो सके कांग्रेस विधायकों ने पंचायत चुनाव जल्द से जल्द कराने विस्थापन तथा पुनर्वास आयोग का गठन करने मास्टर प्लान दो हजार सैंतीस फिर से विचार करने अल्पसंख्यक विद्यालयों और महाविद्यालयों में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने तथा उर्दू शिक्षकों की बहाली करने की मांग मुख्यमंत्री के पास रखी राज्य सरकार की सभी सेवाओं एवं पदों में प्रोन्नति पर अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कल अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के प्रोन्नति मामले से संबंधित विधानसभा की विशेष समिति की बैठक में इसकी समीक्षा के उपरांत यह आदेश दिया गौरतलब है कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों के प्रोन्नति मामले से संबंधित विधानसभा की विशेष समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को पूरी वस्तुस्थिति की जानकारी दी इसकी समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री ने इस संबंध में जल्द ही ठोस निर्णय लेने की बात कही है राज्य के कृषि मंत्री बादल ने कहा है कि राज्य में किसानों के हित में चौंबर्स ऑफ फार्मर्स का गठन किया जाएगा उन्होंने कल चतरा जिले में संवाददाताओं को बताया कि चतरा को दुग्ध उत्पादकों को हर संभव सहयोग किया जाएगा उन्होंने कहा कि चतरा में मिल्क प्रॉसेसिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा उन्होंने कहा कि चतरा के भेड़ प्रजनन केंद्र को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा उन्होंने कहा कि किसानों के कर्ज माफी के बाद बैंकों से दोबारा ऋण मिलेगा

इस दौरान रांची में सबसे ज्यादा बिरासी पूर्वी सिंहभूम से तीस और धनबाद से बाइस लोगों ने कोरोना को मात दी वहीं रांची से ही सर्वाधिक अठत्तर नए सक्रिय मामले सामने आए हैं

इनमें एक लाख ग्यारह हजार एक सौ पचहत्तर लोग स्वस्थ हो चुके हैं जबकि एक हजार सोलह संक्रमितों की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई फिलहाल सक्रिय मामलों की कुल संख्या एक हजार पांच सौ पंचानबे है राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर संतान्बे दशमलव सात प्रतिशत हो चुकी है झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार झालसा अब लाभुकों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की दिशा में कार्य करेगी झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायधीश एचसी मिश्रा की पहल पर हर जिले में आयोजित होनेवाले कार्यक्रम में कोरोना संकट की वजह से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित लाभुकों को इससे जोड़ा जाएगा

इस अभियान के तहत लगभग चालीस लाख लोगों को साक्षर बनाया जाएगा स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इस अभियान का प्रस्ताव तैयार कर लिया है जिसपर मंत्रिमंडल की मंजूरी ली जाएगी

इस अभियान में वैसे जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां महिला साक्षरता दर कम है

पहले जहां राज्य के चौदह सौ परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा ली जाती थी वहीं इस बार यह संख्या लगभग अठाइस सौ होगी इस बाबत परीक्षा केंद्रों को चिन्हित किया जा रहा है जरूरत पड़ने पर विद्यालयों के अलावा डिग्री कॉलेजों में भी परीक्षा केंद्र बनाया जा सकता है सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरा भी लगाया जाएगा राजधानी रांची के कांके थाना क्षेत्र में लगभग बीस एकड़ सरकारी जमीन और नदी में मिट्टी भरकर अतिक्रमण करने के मामले में कांके के अंचल अधिकारी अनिल कुमार और राजस्व कर्मचारी के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने प्रारंभिक प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है गौरतलब है कि सरकारी जमीन घोटाले के इस मामले में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने एसीबी को आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पैंतालीस दिनों में जांच रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है रामगढ़ जिले में शहरी पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उपायुक्त ने अधिकारियों के साथ बैठक की

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वैंकया नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी है इधर राज्य भर के गिरजा घरों में विशेष पूजा प्रार्थना सभा हो रही है कोरोना को देखते हुए मसीही समुदाय के लोग सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए प्रार्थना सभा में शामिल हो रहे हैं मौसम विज्ञान विभाग ने अठाइस दिसंबर से राज्य के मौसम में बदलाव का पूर्वानुमान जताया है इस दौरान राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहने और बूंदाबूंदी हो सकती है

इस दौरान न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से कनकनी बढ़ सकती है वहीं फिलहाल तापमान सामान्य तापमान के आसपास रहने की संभावना है

बोर्ड ने कोरोना महामारी को देखते हुए प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलने वाले पुरुष और महिला खिलाड़ियों को उचित मुआवजा देने का भी निर्णय लिया इसके अलावा महिला टेस्ट क्रिकेट आयोजित करने पर भी बोर्ड ने अपनी सहमति जताई है संक्षिप्त खबरें ग्रामीण विकास विभाग के पांच योजनाओं की हर दिन समीक्षा की जाएगी विभागीय अधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों में चल रही योजनाओं की प्रगति की जानकारी लेने के साथ आवश्यक दिशा निर्देश देंगे पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरीय नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जनता का ठगने का आरोप लगाया है उन्होंने कहा कि विकास की जगह अपराध बढ़ गया है श्री मरांडी ने साहेबगंज के बरहेट में आदिवासी कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा कि भाजपा ही राज्य का समुचित विकास कर सकती है रांची में स्थित एक्सआईएसएस का दीक्षांत समारोह अगले वर्ष सोलह जनवरी को आयोजित किया जाएगा संस्थान ने मुख्यमंत्री को दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक से ट्विटर पर मिली शिकायतों और उसके निष्पादन की पूरी जानकारी छब्बीस दिसंबर तक मांगी है बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने वाले जवानों का डाटा तैयार हो रहा है रांची विश्वविद्यालय में चांसलर पोर्टल से पांच जनवरी तक नामांकन होगा